प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश में नाइट्रोजन संयत्रों को ऑक्सीजन संयत्रों में बदलने के काम की हुई समीक्षा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

सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सीताराम नायक तीसरे स्थान पर रहे

राजसमंद सीट पर भाजपा उम्मीदवार दीप्ति किरण माहेश्वरी विजयी रही उन्होंने कांग्रेस के तनसुख बोहरा को मात दी

प्रधानमंत्री ने देश में नाइट्रोजन संयत्रों को ऑक्सीजन संयत्रों में बदलने के काम की प्रगति की जानकारी ली

इनमें से शहरों के पास वाली ईकाईयों में अस्थायी कोविड देखभाल केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगे जिससे ऑक्सीजन की सुविधा आसानी से मिले प्रायोगिक आधार पर ऐसे पांच केन्द्र शुरू कर दिए गए है बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव केबिनेट सचिव विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन की कमी है ऐसे में प्रदेश को मरीजों के उचित उपचार के लिए अधिक ऑक्सीजन और दवाईयों की आवश्यकता है

उन्होंने कहा कि राजस्थान टैंकरों की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित है

वहीं कोविड महामारी के प्रकोप के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपना जन्मदिन नहीं मनायेंगे एक टवीट भें मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के कारण पूरा प्रदेश मुश्किल दौर से गुजर रहा है ऐसे में उन्होंने तीन मई को जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय लिया है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश में एक करोड़ उनसठ लाख से अधिक लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं

कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण अभियान आज भी जारी रहा सीकर शहर में इसके लिए तीन टीकाकरण केन्द्र बनाए गए है सवाईमाधोपुर में भी बडी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंचे

इसके लिए नई गाईडलाईन जारी कर दी गई हैं इस दौरान सभी कार्यस्थल व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे

महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे के दौरान प्रत्येक शुकवार से सोमवार सुबह तक वीकेण्ड कर्फ्यू रहेगा कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के बिना कारण घूमने पर उसे संस्थागत क्वारेन्टीन कर दिया जायेगा

टोंक में कोरोना के बढते संकमण को देखते हुए आमलोगों को जागरूक करने के लिए आज बनेठा उनियारा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल जागरूकता मार्च निकाला गया इस दौरान लोगों से मास्क लगाने और घरों में ही रहने की अपील की गई पाली और सवाईमाधोपुर में भी जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से फ्लेग मार्च किया गया

बीकानेर के अर्जुनसर में एक बिजली और खाद्य पदार्थ विकेता की दुकान सीज की गई

साथ ही महत्वपूर्ण जीवनरक्षक दवाईयों की उपलब्यता के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जिले में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में ईलाज करवा रहे कोरोना संकभितों को नगर परिषद की ओर से संचालित इंदिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है जालोर नगर पालिका क्षेत्र में आज मास्क बांटे गए

बीकानेर जिले के नापासर और आसपास के कई गांवो में बारिश के साथ ओले भी गिरे जिले में कई स्थानों से अंधड के भी समाचार है बारिश से कई जिलों में तापमान में गिरावट भी आई है मौसम विमाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण जयपुर उदयपुर अजमेर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है उन्होंने बताया कि प्रदेश में अगले दो तीन दिनों में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के भी आसार है